इन स्कूलों की मान्यता फिर से बहाल होगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून में बदलाव का मकसद इसे और मजबूत बनाना है साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में क्या क्या संशोधन होगा इस पर विधान सभा में चर्चा की जायेगी टॉपर घोटाले के बाद रद्द हुये राज्य के सैंकड़ों स्कूलों की मान्यता फिर से बहाल होगी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सैंकड़ों स्कूलों की मान्यता रद्द किये जाने के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है न्यायालय ने स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर के इस संबंध में कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खण्डपीठ ने इससे संबंधित पचास मामलों पर सुनवाई करते हुये यह फैसला सुनाया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सोन नहर अंचल आरा के अंतर्गत लगभग एक हजार छोटी बड़ी नहरों को पक्कीकरण होगा उन्होंने कहा कि इससे लगभग दो लाख हेक्टेयर खेतों तक सुगमता से पानी पहुंचाया जा सकेगा श्री सिंह ने कहा की नहरों का पक्कीकरण होने से ट्यूबवेल पर निर्भरता कम होगी जिससे भूमिगत जल का दोहन भी रूकेगा उन्होंने कहा कि अत्यधिक दोहन के चलते इन इलाकों में आर्सेनिक युक्त विषाक्त पानी आ रहा है ऊर्जा मंत्री ने सोन नहर पक्कीकरण से ग्राउंड वाटर लेवल को खतरा होने की आशंका को निर्मूल बताया राज्य के थानों में साढ़े दस हजार महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जायेगी पटना में बिहार स्वाभिमान पुलिस वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर डीजीपी के एस द्विवेदी ने ये घोषणा करते हुये कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को देखते हुये राज्य के प्रत्येक थाना में तीन महिला दारोगा और दस महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जायेगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सुल्तानगंज देवघर जाने वाले कांवरिया पथ को बेहतर बनाने के लिये दो सौ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे बिहारशरीफ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस राशि से इस पथ पर सुविधाओं का विकास किया जायेगा नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि दिसंबर दो हजार अठारह तक प्रदेश की सभी नगर पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाईट लगा दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस अभियान से न केवल ऊर्जा पैसा और श्रम की बचत होगी बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी प्रदेश से हज यात्रियों की रवानगी आज से शुरू हो रही है हज यात्रियों का पहला जत्था पटना से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच गया है जहां से सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए आज पहला विमान उड़ान भरेगा पटना के हज भवन और गया हवाई अड्डे पर हज यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किये गये हैं इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुआ की मजलिस में शामिल हुये मुख्यमंत्री ने सभी हज यात्रियों को शुभकामना देते हुये कहा कि वे मक्का मदीना में देश प्रदेश की तरक्की के लिये दुआएं करें राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ सुखाड़ की आशंका के मद्देनजर इस संबंध में तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पटना में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही स्थितियों में लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया उन्होंने बताया कि एक सप्ताह बाद राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुये बाढ़ की आशंका के साथ ही सूखे की भी संभावना है श्री कुमार ने नहरों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था कराने के साथ ही चापाकल और बोरिंग की मरम्मत करने का निर्देश दिया साथ ही कृषि विभाग को कहा कि सूखे की स्थिति में क्या क्या वैकल्पिक खेती हो सकती है इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचायें उन्होंने पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को पशुचारा की पर्याप्त व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुयी भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियों में उफान आ गया है पश्चिम चंपारण के सिकटा प्रखंड की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है ओरिया नदी का बांध टूट जाने के कारण बाढ़ का पानी बर्दही भवानीपुर मुख्य रोड और खेतों में बह रहा है बर्दही धर्मपुर गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है वहीं बागमती नदी के जलस्तर में आये उफान के कारण सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है बेलसंड में बागमती तटबंध के कंसार घाट पर कटाव शुरू होने से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं तटबंध को बचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है नेपाल में भारी बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुयी है कोसी का डिस्चार्ज पौने दो लाख क्यूसेक के पास पहुंच गया है गंगा और महानंदा नदी के जलस्तर में कमी आयी है लेकिन कई स्थानों पर कटाव तेज हो गया है प्रदेश में उमस भरी गर्मी जारी है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल मानसून सक्रिय होने के कोई आसार नहीं हैं इसलिये जुलाई माह में प्रदेश में बारिश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगस्त माह में गंगा के क्षेत्रों में मानसून फिर से सक्रिय होगा जिससे अच्छी वर्षा होने की संभावना है पटना नगर निगम सितंबर माह से अपने संसाधन से डोर दू डोर कचरा उठायेगा इसके लिये बड़ी संख्या में ऑटो टीपर गाड़ियां खरीदी जा रही है नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित पटना शहर की योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया एसएसबी की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के फकुली चौक के पास से दो हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है दोनों नक्सलियों पर कुढ़नी में टैंकर और रेल ट्रैक उड़ाने समेत कई आरोप हैं पटना में सगुना मोड़ एम्स और दीघा स्थित भंडारण केंद्रों से पैंतीस सौ रूपये प्रति सौ घन फीट बालू की बिक्री शुरू हो गयी है खान और भूतत्व विभाग के अनुसार सरकार के निर्देश पर स्थानीय बंदोबस्तधारियों ने यह व्यवस्था की है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक समिति के चुनाव परिणाम में तीन नये चेहरों को जगह मिली है निर्वाचन क्षेत्र संख्या एक से सरदार राजा सिंह दो से सरदार हरवंश और तीन से सरदार महेंद्र सिंह छावड़ा चुने गये हैं आज एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी सुबह दस बजे चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा करेंगे ओडिशा के पूरी में आज भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निकाली जा रही है इस अवसर पर पटना में भी इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य रथ यात्रा निकाली जायेगी जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे फिनलैंड में खेली जा रही विश्व अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला वर्ग के चार सौ मीटर दौड़ में भारत की हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला एथलीट बन गयी हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि इस जीत से हम सभी गौरवांवित हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने लिखा है पुलिस में महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी दैनिक जागरण का शीर्षक है राम मंदिर के लिये शिया वक्फ बोर्ड जमीन छोड़ने का तैयार दैनिक भास्कर ने लिखा है नीतीश बोले शराबबंदी को और मजबूती से लागू करने के लिये कानून में बदलाव प्रभात खबर की सुर्खी है सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा जदयू में बनी अंडरस्टैंडिंग

इन स्कूलों की मान्यता फिर से बहाल होगी